यूवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन मुख्यमंत्री ने कहा कौशल विकास को और गति देने के लिये पचपदरा में स्कील डवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एन डी ए सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं श्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाणसागर नहर परियोजना के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं नीति आयोग एलपीजी सब्सिडी को रसोई सब्सिडी में बदलने के एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है ताकि खाना पकाने के लिए पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली प्राकृतिक गैस और जैव ईंधन का इस्तेमाल करने वाले लोगो को फायदा पहुंचाया जा सके नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने कहा है कि खाना पकाने के काम में आने वाले सभी प्रकार के ईंधनों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था लागू होनी चाहिए इस समय सरकार एलपीजी का इस्तेमाल करने वालों को ही सब्सिडी देती है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने शिक्षा संस्थानों को यह सुचित करने को कहा है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करने की तारीख तब तक के लिए बढ़ा दी जाए जब तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि नहीं पहंच जाती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह निर्देश इन शिकायतों के बाद जारी किया है कि शुल्क समय पर जमा न करने के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मातुभाषा की उपेक्षा किये जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी राज्यों से स्कूलों में अपनी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की सलाह दी है श्री नायड् ने आज नई दिल्ली में एक शिक्षण संस्थान के समारोह को संबोधित करते हुए यह सलाह दी

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

आज विश्व यूवा कौशल दिवस है इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने लगातार तीन बार कौशल विकास में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता है श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश को इस साल सर्वश्रेष्ठ आईटी स्टेट चुना गया है श्रीमती राजे ने कहा कि कौशल विकास को और गति देने के लिये बाडमेर जिले के पचपदरा में स्थापित हो रही रिफाइनरी में भी स्कील डवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाया जायेगा

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे पखवाड़े के दौरान विभिन्न संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएगे

जिला कलेक्टर सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि योजना के पहले चरण में ऐसे बुजुर्गो का चिन्हीकरण करने के लिए कल से पंचायत समिति नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में चिन्हीकरण शिविर शुरू होंगे

परीक्षा परिणाम अगस्त माह के मध्य में आने की संभावना है पुलिस महानिदेशक से सलाह दी है कि चयन प्रकिया पूर्णतया पारदर्शी है परीक्षार्थी किसी भी ठग गिरोह के चक्कर में न पडे परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी प्रदेश में अच्छी वर्षा का दौर जारी है

पाली जिले के रायपुर जैतारण मारवाड और पाली में आज सुबह करीब आधे घन्टे तक तेज बारिश से तालाबों में पानी की आवक चालू हो गई जालौर जिले के बागोडा सायला रानीवाडा भीनमाल आहोर जसंवतपुरा और चितलवाना में भी अच्छी बारिश के समाचार है माउंटआबू सहित पूरे सिरोही जिले में वर्षा का दौर जारी है अच्छी वर्षा के कारण जहां राज्य के किसान खुश है वहीं उदयपुर के पर्यटक स्थलों पर भी रौनक बढ गयी है